मृत्यु दर घटकर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत पर पहुंची

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को रास्ते में फंसे प्रवासी मजदूरों के परिवहन खाने पीने और रहने की तत्काल मुफ्त व्यवस्था करने को कहा है लॉकडाउन के कारण रास्ते में फंसे सड़कों पर पैदल चलते हाई वे स्टेशन और राज्य की सीमाओं पर फंसे मजदूरों की दयनीय दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुये यह आदेश दिया है कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारके को नोटिस जारी करते हुये प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए उठाये गये कदमों पर कल तक जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति को देखते हुये कामगार वर्गों को सरकार की ओर से मदद दिये जाने की जरूरत है देश में कोविड उन्नीस रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ कर इकतालीस दशमलव छह एक प्रतिशत हो गई है जो मार्च में सात दशमलव एक प्रतिशत थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी दी

अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर तीन दशमलव तीन शून्य प्रतिशत से घट कर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है जो विश्व में सबसे कम है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में एक लाख की जनसंख्या में दस दशमलव सात लोग ही संक्रमित हुए इसकी तुलना में विश्व में एक लाख की आबादी पर उनहत्तर दशमलव नौ लोग संक्रमित हुए अधिकारी ने कहा कि एक लाख की आबादी पर विश्व में चार दशमलव पांच लोगों की मृत्यु हो रही है जबकि भारत में एक लाख की आबादी पर केवल शून्य दशमलव तीन लोगों की ही मृत्यु हो रही है जो विश्व में सबसे कम है अधिकारी ने लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने की अपील की उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहनना चाहिए अधिकारी ने बताया कि कोविड उन्नीस को फैलने से रोकने के लिए बचाव और नियंत्रण के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कोविड उन्नीस से बुजुर्गो की मृत्यू दर लगभग पचास प्रतिशत जबकि अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर तिहत्तर प्रतिशत है

तो हम परिवेंटी एस्पेक्टस को लेते हुए अपने घर में जो एलडरी हैं अपने घर में वनरेबल पोपुलेशन है उन सबको बचाने के लिए सारे प्रिवेनटिव स्टेप्स लें अगर हमारे को कोई भी ऐसा केस दिखता है कि जिसमें कोई हमारे को सिम्टम्स हैं तो हम गर्वमेंट द्वारा ओरगनाइज की फेसिलिटिज को एक्सेज करेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में दो सौ इकतीस नये मरीजों के मिलने के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ अड़सठ हो गयी है वहीं अब तक आठ सौ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं राज्य में अभी एक्टीव केसों की संख्या दो हजार एक सौ चौवन है स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या चौदह हो गयी है उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों में एक वरिष्ट अधिकारी भी शामिल हैं श्री कुमार ने कहा कि तीन मई के बाद विभिन्न प्रदेशों से आने वालों में उन्नीस सौ प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं फिलहाल सबसे अधिक पटना जिले में दो सौ सत्रह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुये हैं जबकि रोहतास में दो सौ एक मधुबनी में एक सौ छिहत्तर बेगूसराय में एक सौ सतावन खगड़िया में एक सौ तैंतालीस कटिहार में एक सौ चौतीस बक्सर में एक सौ चौदह जहानाबाद में एक सौ बारह और बांका जिले में एक सौ छह व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख इक्यावन हजार सात सौ सड़सठ हो गई है अब तक चौसठ हजार चार सौ छब्बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार हजार तीन सौ बत्तीस लोगों की मौत हुई है केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब देश कोविड उन्नीस का मुकाबला कर रहा है उस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है

आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हायतौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया पूरे देश में क्यों लगाया अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी यानि जब लगा तो भी विरोघ किया अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पैंतालीस लाख श्रमिकों को तीन हजार विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने बताया कि फिलहाल देश में रोजाना एक लाख से अधिक नमूनों की कोविड उन्नीस जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि देशभर में अब छह सौ बारह प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा उपलब्ध है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के उपयोग के बारे में परिषद के महानिदेशक ने कहा कि यह दवा मलेरिया से निपटने में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जा रही है और इसमें वायरसरोधी गुण भी हैं उपलब्धता सुरक्षा और अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर परिषद ने डॉक्टर के मार्गदर्शन में परीक्षण के आधार पर निवारक उपचार के लिए यह दवा लेने की सिफारिश की थी उन्होंने कहा कि मितली और उलटी को छोड़ कर भारत में हुए अध्ययनों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के किसी प्रमुख दुष्प्रभाव का पता नहीं चला यह दवा कोविड उन्नीस के निवारक उपचार के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट सलाह दी गई है कि यह दवा खाली पेट नहीं लेनी चाहिए परिषद ने इस बात पर भी बल दिया कि उपचार के दौरान एक बार ईसीजी करा लेनी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के कार्य में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए भी यह दवा लाभदायक मानी जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से यह अपील दोहराई है कि कोविड उन्नीस महामारी को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन किया जाए मंत्रालय ने ट्वीटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने साबुन और पानी से हाथ धोने या एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना दंडनीय अपराध बनाया गया है इससे वायरस फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बिमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से लोगों की शीघ्र मदद में देरी हो सकती है जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड सकता है लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे दो गज की दूरी का पालन करें साथ ही उन्हें अपने नाक और मुंह को भी छूने से बचना चाहिए लोगों को तम्बाकू सेवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए

आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने मंत्रालय और बिहार समेत अन्य राज्यों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में कोविड उन्नीस के बढ़ रहे मामलों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई बार्डट स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने स्वास्थ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज उत्तर प्रदेश विहार झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की

इस दौरान लॉकडाउन के नियमों में रियायतें दी गई हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की इजाजत भी दे दी गई है

इसके अलावा रोकथाम की कारगर रणनीति पर भी चर्चा हुई इस बात पर भी जोर दिया गया कि हरेक कंटेनमेंट जोन का विश्लेषण किया जाए ताकि रुझान के देखते हुए सुधार के प्रयास किए जा सकें बफर जोन के अंदर की जाने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा हुई आरोग्य सेतु ऐप के जरिए प्राप्त हुए आंकड़ों का उपयोग करने को भी कहा गया गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में राज्यों को याद दिलाया गया कि टीबी कृष्ठ रोग और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसे गैर संचारी रोगों के इलाज के लिए भी तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए यह भी सुझाव दिया गया कि क्वारिटीन केंद्रो में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और अस्थायी स्वास्थ्य उप केंद्र बनाए जाने चाहिए और उनमें अग्निम पंक्ति के अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए राज्यों को सलाह दी गई कि ये गर्मवती महिलाओं पांच वर्ष से कम उप्त के बच्चों ब्रज़्गों और अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए इसमें आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने को भी गया गया इस बात पर जोर दिया गया कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए और उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्रों में मेजा जाए समी राज्य इस बात पर सहमत थे कि घर घर जाकर सर्वेक्षण कराने के लिए विशेष निगरानी टीम बनाने परीक्षण करने रोगियों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लागने और कारगर चिकित्सा प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए दिल्ली के डॉक्टर राममनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्ष्णेय ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उन्हें कोई भी लक्षण दिखे तो वे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जरूरी हो तो संक्रमण को रोकने के लिए खुद को आइसोलेट कर लें बाईट अगर कोई व्यक्ति जो आपके संपर्क में है या जान पहचान जिसको आप देख रहे हैं बुखार हो रहा है या खांसी हो रहा है उसको तुरंत ही कहें कि आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर जा के अपनी जांच कराइये सरकार ने हेल्प लाइन नम्बर दिए हैं आप उनको कॉनटेक्ट कर सकते हैं आपको बताएंगे कि आपके एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आप अपनी जांच करा सकते हैं अगर उस जांच में आप पॉजीटिव आते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको आइसोलेट होना पड़ेगा और जो भी उचित उपचार होगा वो अस्पताल वाले बताएंगे केन्द्र सरकार ने रेलगाडियों में भूख के कारण दस लोगों की मौत की खबर को गलत बताया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि भूख के कारण ऐसी मौत होने की कोई खबर नहीं है पीआईबी ने लोगों से ऐसी अपुष्ट खबरें न फैलाने को कहा है प्रदेश में अगले पन्द्रह दिनों में तीन लाख प्रवासियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा में काम की कमी नहीं है अभी लगभग तेरह लाख नब्बे हजार श्रमिक मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक छिहत्तर हजार से अधिक श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं क्वारेंटीन केन्द्रों में इच्छुक प्रवासियों के जॉब कार्ड बनाये जा रहे हैं और ऐसे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये आईसोलेशन केन्द्रों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रवासियों के घर घर स्क्रीनिंग के दौरान उनका स्किल सर्वे भी किया जाये ताकि उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का निर्देश अधिकारियों को दिया है राज्य सरकार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी राज्य में उनके बैंक खाते रहने के बाद भी रेल किराये के अलावा पांच सौ रूपये दिये जायेंगे आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार ने पन्द्रह मई के अपने आदेश में बदलाव करते हये यह व्यवस्था की है प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है अब तक एक हजार एक सौ पैंतीस ट्रेनों के माध्यम से सत्रह लाख से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं आज एक सौ सत्रह रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख तिरानवे हजार प्रवासी बिहार पहुंचेंगे सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अभी तीन सौ इक्कीस ट्रेन और आयेगी जिससे पांच लाख उनतीस हजार लोगों के आने की संभावना है उन्होंने कहा कि प्रखंडस्तरीय तेरह हजार नौ सौ इकहत्तर क्वारेंटीन सेन्टरों में ग्यारह लाख पचपन हजार से अधिक लोग रह रहे हैं प्रदेशभर में तेज धूप उमसभरी गर्मी और लू से लोग परेशान हैं गर्मी बढ़ने का मुख्य कारण पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं हैं मौसम विभाग ने आज के लिए गया रोहतास औरंगाबाद नवादा और कैमूर जिलों में लू की चेतावनी जारी की है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल से दो से तीन दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है लगभग पूरे प्रदेश में बारिश की सम्भावना बन रही है मौसम विभाग के अनुसार कल से हवा का रूख पूर्व और दक्षिण की ओर से होने का अनुमान है जो अपने साथ बंगाल की खाड़ी से नमी लायेगा इसके प्रभाव से आसमान में बादल छाये रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इधर शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात तेज आंधी के साथ बारिश होने से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मैट्रिक परीक्षा परिणाम को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबारों ने ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के बेहतर प्रदर्शन को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है सब्जी बिक्रेता का बेटा बिहार टॉपर अन्य अखबारों ने भी इस खबर को तस्वीर और आंकड़ों के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भटकी नहीं कोई श्रमिक स्पेशल दैनिक भास्कर ने कोरोना से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है बिहार में एक डीएम भी पॉजिटिव पटना के चांदमारी रोड में भी फैला संक्रमण प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है श्रमिकों के परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़े

मृत्यु दर घटकर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत पर पहुंची